बिहार में अब तक जांच किये सभी सैंपल निगेटिव पाये गये

खाने पीने की चीजों की होम डिलेवरी पर प्रतिबंध नहीं

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्रत्येक नागरिक को कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सतर्क रहना चाहिए प्रधानमंत्री ने नागरिकों से कल सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक जनता कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया राष्ट्र के नाम सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने लोगों से जब तक बहुत जरूरी न हो घर से बाहर निकलने से बचने को कहा प्रधानमंत्री ने कहा कि साठ वर्ष से ऊपर उम्र के लोग अगले कुछ सप्ताह तक घर में रहने की विशेष सतर्कता बरतें

इस जनता कर्फ्यू के दौरान कोई भी नागरिक घरों से बाहर न निकले

घरों में ही रहें तो बाईस मार्च को हमारा यह प्रयास आत्मसंयम देश हित में करते हुए पालन के संकल्प का एक मजबूत प्रतीक होगा प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान अनिवार्य सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे उन्होंने कहा कि रविवार को लोगों का यह प्रयास राष्ट्रीय हित में कार्य करने के संकल्प और संयम का प्रतीक होगा प्रधानमंत्री ने देशवासियों से उन लोगों की सेवा के प्रति आभार व्यक्त करने का अनुरोध किया जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की हिफाजत में लगे हैं

हम अपने घर के दरवाजे पर खडे होकर या बाल्कनी में या खिडकियों के सामने खडे होकर रविवार को शाम को पांच बजे पांच मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें और आभार कैसे व्यक्त करेंगे ताली बजाकर के थाली बजाकर के घंटी बजाकर के

देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढकर दो सौ तिरासी हो गई है इनमें उनतालीस विदेशी नागरिक भी शामिल है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के ताजा आंकडों के अनुसार कोरोना वायरस से पीड़ित तेईस लोगों का इलाज किया जा चुका है और उनमें से कुछ को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है इधर बिहार में अब तक पांच सौ चार संदिग्ध मरीजों की पहचान हयी है जिन पर निगरानी रखी जा रही है राज्य में पचहत्तर से अधिक नमूनों की जांच की गयी है जिनमें से सारे मामले निगेटिव आये हैं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

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया है इनमें कहा गया है कि सांस संबंधी गंभीर रोगों दम फूलने बुखार और कफ की शिकायत के साथ अस्पताल आने वाले प्रत्येक रोगी की कोरोना वायरस संक्रमण के लिहाज से भी जांच की जाएगी परिषद के नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि पॉजिटिव पाए गए रोगियों के संपर्क में आए लोगों की भी पांचवें और चौदहवें दिन के बीच एक बार जांच की जानी चाहिए

हर साल कुछ न कुछ खांसी जुकाम लगभग हर व्यक्ति को होता है और माइल प्रॉब्लम है कुछ प्रपोशन में दस पंद्रह परसेन्ट में ये बीमारी गंभीर हो सकती है और उसमें हमें अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत पड़ सकती है लेकिन मेजोरिटी में ये बिल्कुल माइल्ड एक साधारण फलू जैसी बीमारी रहेगी कि हम सब तैयार रहें और अगर है भी तो भी हमें घबराना नहीं है और अगर जरूरत पड़ेगी तो अस्पताल जाकर अपना इलाज करना होगा बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर तेईस मार्च से इकतीस मार्च तक विभिन्न जिला मुख्यालयों में प्रस्तावित भूख हड़ताल स्थगित कर दी है प्रादेशिक समाचार एकांश सभी लोगों से वर्तमान परिस्थितियों में सजग सचेत और सावधान रहने की अपील करता है जनता कर्फ्यू पर सुनते हैं एक संदेश

संक्रमण की रोकथाम के लिये प्रदेश में की जा रही तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों और जन प्रतिनिधियों से कहा कि सामाजिक और आपसी दूरी बनाकर रखना इस समय बेहद जरूरी है इसलिए जनता को इस दिशा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिये मुख्यमंत्री ने कल प्रधानमंत्री के आहवान पर बुलाये गये जनता कर्फ्यू के दौरान राज्य के लोगों से सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक घरों में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने का कहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति की सतर्कता ही कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का उपाय है कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने इकतीस मार्च तक सभी रेस्तराओं के संचालन पर रोक लगा दी है लेकिन इन रेस्तरां और ढाबों से खाने पीने की चीजों की होम डिलेवरी और टेक होम सर्विसेज पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा इसके अलावा सभी सामूहिक भोज के भवनों और होटलों में स्थित बैंक्वेट हॉल का संचालन भी इकतीस मार्च तक प्रतिबंधित रहेगा राज्य पथ परिवहन निगम और सभी सरकारी और निजी बसों के परिचालन पर इकतीस मार्च तक रोक लगा दी है परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम उपायों के तहत पटना दिल्ली पटना मार्ग सहित अंतर्राज्यीय बसों और नगर सेवा की बसों के परिचालन पर रोक रहेगी जनता कर्फ्यू के अनुपालन को देखते हुये पूर्व मध्य रेलवे जोन अंतर्गत कल सुबह चार बजे से रात्रि दस बजे के बीच खुलने वाली कई एक्सप्रेस मेल प्रीमियम ट्रेन और इंटरसिटी ट्रेन का परिचालन रद्द रहेगा

कुल मिला करके दो सौ नब्बे पैसेंजर ट्रेन कैंसिल हैं और मेल एक्सप्रेस ट्रेन की जो संख्या है वो तिहत्तर हैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस समयावधि से पहले जिन गाड़ियों का प्रस्थान निर्धारित है वे पूर्व की तरह अपने गंतव्य स्थान तक जायेंगी श्री कुमार ने कहा कि मुम्बई और पूणे से बिहार आनी वाली ट्रेनों के यात्रियों के स्क्रीनिंग के लिये स्टेशनों पर विशेष व्यवस्था की गयी है

उन्होंने कोरोना वायरस के मद्देनजर रेलवे प्रशासन को जांच में सहयोग करने की अपील की है कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये प्रदेश में अनेक प्रबंध किये जा रहे हैं हमारे शेखप्रा संवाददाता ने बताया कि जिले के सदर अस्पताल में कोरोना संबंधित जानकारी के लिये एक हेल्प डेस्क बनाया गया है वहीं एहतियात के तौर पर पटना के पालीगंज स्थित उलार सूर्य मंदिर और औरंगाबाद के देव में चैती छठ मेला इस वर्ष आयोजित नहीं करने का निर्णय किया गया है इधर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिये एहतियाती कदम उठाते हुये पटना के महावीर मंदिर समेत धार्मिक न्यास बोर्ड से निबंधित प्रदेश के करीब पैंतालीस सौ मंदिरों को इकतीस मार्च तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है प्रदेश में विभिन्न हिस्सों में आज शाम आयी तेज आंधी से फसलों और कच्चे मकानों को व्यापक नुकसान पहुंचा है हमारे मुंगेर और शेखपुरा संवाददाता ने बताया कि तेज आंधी में कई कच्चे घरों के छप्पर उड़ गये और जगह जगह पर पेड़ गिरने से वाहनों का परिचालन बाधित है दोपहर बाद कई स्थानों पर हुयी बेमौसम बारिश से खेत में खड़ी रबी और तिलहन की फसल को क्षति हुयी है मौसम विभाग ने अगले बारह घंटों के दौरान लखीसराय नवादा गया के साथ साथ उत्तर और दक्षिण बिहार के कई जिलों में गरज के साथ बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी आशंका है

बिहार में अब तक जांच किये सभी सैंपल निगेटिव पाये गये

खाने पीने की चीजों की होम डिलेवरी पर प्रतिबंध नहीं